राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का काम किया साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया और कोरोना मरीजों के जांच तथा उपचार की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सीपीआई के बलवान प्रनिया ने किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार हंगामा किया और वैल में आ गए

प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में आज भी अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों को टीके लगाए जा रहे हैं जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि दूसरे चरण के अन्तर्गत जयपुर जिले में टीकाकरण से शेष रह गए निर्धारित हैल्थकेयर और फ्रंटलाइनर कार्मिकों को आज और कल वैक्सीन लगाई जाएगी

अब तक एक करोड़ पांच लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं

इससे पहले कल जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गूर्जर ने मैराथन की मशाल प्रज्वलित कर शहर के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना की मशाल को मैराथन में भाग लेने वाले युवा धावकों द्वारा शहरों के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पशुपालन विभाग को विलुप्त हो रही पौष्टिक सेवण घास को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर जिले में चारा फार्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं कल जयपुर में राष्ट्रीय पशुधन मिशन एनएलएम की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर जिले में होने वाली सेवण घास को विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए उन्होंने कहा कि यह घास न केवल पौष्टिक होती है बल्कि कम पानी में उगती है और लंबे समय तक खराब भी नहीं होती है प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी का असर कम हुआ है